मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मण्डी जिले के दौरे के दौरान ब्यास नदी पर हनोगी खोलानाला सड़क पर केबल आधारित मोटर योग्य डब्बल लेन पुल की आधारशिला रखी

बाद में मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि पुल के बनने से जिले के सराज व द्रंग क्षेत्र के बीच आवाजाही की बेहतर सुविधा लोगों को मिलेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश का ये पहला केबल आधारित पुल होगा जिसका कार्य दो वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा

उन्होंने प्राथमिक विद्यालय कुकलाह का दर्जा बढाकर इसे माध्यमिक विद्यालय बनाने की घोषणा भी की इस मौके सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में विकास को गति मिली है ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा विधायकगण और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके मौजूद रहे हवाई सर्वेक्षण इस बीच मण्डी जिले के बल्ह में प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण स्थल का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारतीय विमानपतन प्राधिकरण और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम के साथ आज हवाई सर्वेक्षण किया इस दौरान टीम ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पहले हवाई जहाज उतारने की संभावना और इसमें आने वाली संभावित बाधाओं का विशलेषण किया परियोजना रिपोर्ट केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी लिफ़ट शुभारंभ इधर राजधानी शिमला में कार्टरोड़ से मालरोड़ तक जोड़ने वाली लिफ़ट का आज मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने लोकार्पण किया

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सांसद वीरेन्द्र कश्यप नगर निगम महापौर कुसुम सदरेट सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मण्डी जिले के धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र में आज विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण किए

बाद मं महेन्द्र सिंह ठाकुर ने बंजाल गावं में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत पात्र महिलाओं को रसोई गैस कनैक्शन वितरित किए महेन्द्र सिंह ठाकुर ने लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया

कृषि विभाग और आत्मा परियोजना के संयुक्त तत्वावधान में कुल्लू में आयोजित किसान मेले में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने ये जानकारी दी

मारकंडा ने कहा कि इन सभी मंडियों के लिए विश्व बैंक के माध्यम से बजट प्रावधान किया जा रहा है कृषि मंत्री ने कहा कि कुल्लू जिले की सभी सब्जी मंडियों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के प्रयास जारी है शांता कुमार सांसद शांता कुमार ने कहा है कि रेल विभाग पठानकोट से लेह लद्दाख तक सेना के लिए अलग से रेल लाईन का निर्माण करेगा पालमपुर में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने माना है कि भानुपल्ली बिलासपुर और पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल लाईनों को मण्डी में आपस में जोड़ने के बाद लेह लद्दाख तक बढ़ाया जाएगा शांता कुमार ने कहा कि चंबा में सीमेंट उद्योग स्थापित करने की कवायद भी तेज हो गई है और सभी औपचारिकताएं छः माह में पूरी करनी होंगी शांता कुमार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा एचपीसीए मामले में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सांसद अनुराग ठाकुर के विरूद्व मामले रदद किए जाने को सही बताते हुए किसी भी सरकार को बदले की भावना से कार्य न करने की नसीहत दी बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वन स्वीकृतियों के लिए हिमाचल को देहरादून के बजाए क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ के तहत लाने का केंद्र से आग्रह किया है वे आज शिमला में केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे जयराम ठाकर ने राज्य सरकार के पास नीहित एक हैक्टेयर तक एफसीए मंजूरी के लिए अनुमोदन देने की सीमा बढ़ाने का भी आग्रह किया

इसके अलावा उन्होंने रज्जू मार्गों की तारों के नीचे आने वाली भूमि को एफसीए से छूट देने की बात भी कही झण्डा दिवस आज सशस्त्र बल झंडा दिवस है

इस उपलक्ष्य में प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की और उन्हें झंडा लगाया आचार्य देवव्रत ने बताया कि सशस्त्र बल हमेशा हमारे राष्ट्र के गौरव रहेंगे और सैनिकों के साहस शौर्य व सर्वोच्च बलिदान का सभी सम्मान करते हैं उन्होंने शहीदों और सैनिकों को सम्मान देने के लिए लोगों से उदारता पूर्वक योगदान देने की अपील की इस बीच राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के निदेशक ब्रिगेडियर एसकेवर्मा ने शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र को भी झण्डा लगाया उन्होंने इसके लिए अंशदान भी किया और लोगों से इसमें उदारतापूर्वक योगदान का आग्रह किया ताकि एकत्रित राशि जरूरत के समय सैनिकों भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की सहायता करने में मददगार साबित हो सकें सशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए

सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार जुब्बल कोटखाई सड़क मार्ग का निर्माण कार्य पूरा कराने में विफल रही है बैडमिंटन हिमाचल की खेल नीति अगले दो महीनों में तैयार कर ली जाएगी खेल मंत्री गोविंद ठाकर ने कल शिमला में राज्य स्तरीय मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप के उदघाटन अवसर पर ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि जनवरी माह में राज्य के सभी खेल संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर नई खेल नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा खेल मंत्री ने खेल संघों में राजनेताओं द्वारा पद हथियाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि इसमें खिलाड़ियों को ही अहमियत मिलनी चाहिए प्रतियोगिता में आज मास्टर शटलरों ने क्वार्टर फाईनल मुकाबलों में अपना दमखम दिखाया कल सैमिफाईनल और फाईनल मुकाबले खेले जाएंगे

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यूको आरसिटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को ऋण का सही ढंग से उपयोग करने बारे जानकारी दी गई प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक विक्रम ठाक्र ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उददेश्य प्रतिभागियों को व्यवसाय स्थापित करने में आने वाले परेशानियों के बारे जागरूक करना रहा

उन्होंने दावा किया कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम से भाजपा की पोल खुल जाएगी